कहा सैनिकों के पराक्रम से द्रनियाभर में भारत का मान सम्मान बढ़ा

सरकार बनाने का दावा भी कल ही पेश किया जायेगा

अब तक दो लाख बीस हजार मरीजों ने कोरोना को दी मात बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

यह त्योहार अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान और कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई दी है राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व से देश के लोगों के बीच एकता सद्भाव और भाईचारे की भावना मजबूत होती है श्री कोविंद ने आशा व्यक्त की है कि ख़ुशहाली और प्रकाश का यह महान पर्व देश के प्रत्येक घर में सुख शांति और समृद्धि लाएगा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दीपावली के अवसर पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाने वाली दीपावली ब्रुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में आशा जताई है कि दीपावली का त्यौहार हमारे जीवन में प्रसन्नता और खुशहाली बढ़ाएगा उन्होंने इस अवसर पर सभी लोगों की खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है श्री मोदी ने कहा कि हमें उन जवानों के सम्मान में दीया जलाना चाहिए जो निर्भय होकर हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं राज्यपाल फागू चौहान ने अपने संदेश में कहा है कि दीपावली पर्व हमें अंधकार से प्रकाश असत्य से सत्य और मृत्यु से अमरत्व की ओर अभिमुख होने की प्रेरणा देता है कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीपावली के अवसर पर सबके लिए सुखी समृद्ध और आनन्दित जीवन की शुभकामनाएं दी है विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने भी पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ दीपावली का त्यौहार मनाये जाने की खबर दी है इधर दीपावली पर्व को देखते हुये पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं किसी अनहोनी घटना से निपटने के लिये स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन दस्ते को भी अलर्ट पर रखा गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राजस्थान के जैसलमेर जिले में ऐतिहासिक लोंगोवाला पोस्ट पर सैनिकों के साथ दीपावली मनाई इस अवसर पर उन्होंने सेना और सीमा सुरक्षाबल के जवानों को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने देश की जनता की तरफ से जवानों और उनके परिजनों को दीपावली की बधाई दी बाईट मैं आज आपके बीच प्रत्येक भारतवासी की शुभकामनाएं लेकर आया हूं आपके लिए कोटि कोटि देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं हर वरिष्ठ जन का मैं आपके लिए आशीष लेकर के आया हूं मैं आज उन वीर माताओं बहनों और बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं उनके त्याग को नमन करता हूं जिनके अपने बेटे हो या बेटी आज त्योहार के दिन पर भी सरहद पर तैनात हैं वे भी परिवार के सभी लोग भी अभिनंदन के अधिकारी हैं श्री मोदी ने कहा कि आज भारत आतंकियों को घु्स कर मारता है बाईट जब भी जरूरत पड़ी है भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है आज भारत आतंकियों को आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है आज दुनिया ये जान रही है समझ रही है किये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्तीभर भी समझौता करने वाला नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने का फैसला सेना ने किया सेना के इस एक निर्णय ने पूरे देश को स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने की प्रेरणा दी श्री मोदी ने कहा कि इसके कारण ही देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ रहा है बाईट रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य का लक्ष्य सरहद पर शांति आज भारत की रणनीति स्पष्ट है आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है लेकिन अगर हमे आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना प्रचंड मिलेगा देश की अखंडता देशवासियों की एकता पर निर्मर करती है श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्टार्टअप सुरक्षा बलों की जरूरत के लिए आगे आए हैं बाईट पेरामेडिकल फोर्सिस से एक के बाद एक इस प्रकार निर्णयों के अनुकूल भारत में भी मेरे देश के युवा ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण करेंगे ऐसी ऐसी चीजें बनाकर कर के लाएंगे हमारे सेना के जवानों की हमारे सुरक्षाबल के जवानों की ताकतमी बढ़ेगी हाल के दिनों में अनेक स्टार्ट्स अप्स सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने केलिए आगे आए हैं डिफेंस सेक्टर में नौजवानों के नए स्टार्ट अप्स देश को आत्मनिर्मरताके मामले में और तेजी से आगे ले जाएंगे प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि सीमा पर जाबाजों का हौसला बुलंद रखने के लिए उनकी हर जरूरत सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है बाईट बीते समय में सैनिकों के बच्चों की शिक्षा और रोजगार को लेकर भी अनेक फैसले लिए गए पिछले वर्ष जब मैंने दूसरी बार शपथ ली थी मेरा पहला फैसला ही शहीदों के बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ था इसके तहत नेशनल डिफेंस फंड के अंतर्गत मिलने वाली स्कॉलरशिप को बढ़ाया गया साथियो सुविधा के साथ साथ वीरों के सम्मान के लिए भी देश में अभूतपूर्व प्रयास चल रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक भारतवासी देश के जवानों की शक्ति शौर्य और दृढ़ता के प्रति गौरवान्वित है और दुनिया की कोई ताकत हमारे बहादुर सिपाहियों को सीमाओं की रक्षा करने से नहीं रोक सकती प्रदेश की सभी निचली अदालतें दीपावली और छठ को लेकर बाईस नवंबर तक बंद रहेंगी लेकिन इस अवधि में रिमांड जैसे आवश्यक कार्यों के लिये न्यायिक कार्य जारी रहेगा राज्य सरकार ने त्यौहारों में विधि व्यवस्था को बनाये रखने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों के अवकाश को रद्द कर दिया है विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टियां दी जायेंगी प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनडीए के घटक दलों की कल पटना में बैठक होगी बैठक में एनडीए विधायक दल के नेता का चुनाव किया जायेगा भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाईटेड हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक बैठक में शामिल होंगे बैठक के बाद एनडीए विधायक दल के नेता राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें सभी घटक दलों के समर्थन का पत्र सौंपेगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे राज्यपाल की सहमति के बाद शपथ ग्रहण की तिथि की घोषणा की जायेगी दूसरी तरफ भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की भी कल पटना में बैठक होने वाली है इस बैठक में केन्द्रीय पर्यवेक्षक के रूप में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चुनाव होगा बिहार विधान परिषद की सभी चार शिक्षक और चार स्नातक सीटों के चुनाव नतीजे घोषित कर दिए गए हैं दरभंगा स्नातक सीट को छोड़कर सभी निवर्तमान सदस्य अपनी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सम्पन्न चुनाव में पटना से जदयू के नीरज कुमार तिरहुत से देवेश चंद्र ठाकुर दरभंगा से निर्दलीय सर्वेश कुमार और कोसी से भाजपा के एन के यादव निर्वाचित घोषित किए गए हैं

इस समय लगभग छह हजार मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है इधर पिछले चौबीस घंटों में पांच सौ अठासी नये मरीजों की पहचान हुई है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना में सर्वाधिक एक सौ चौरासी नये मामलों की प्रष्टि हुई है वहीं भागलपुर में अड़तीस अररिया में चौबीस गोपालगंज और नालंदा में बीस बीस मुजफ्फरपुर में उन्नीस और औरंगाबाद तथा वैशाली में अठारह अठारह मामले सामने आये हैं प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर करीब तिरानवे दशमलव शून्य पांच प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे में सैंतालीस हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में इक्यासी लाख तिरसठ हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं इस समय देश में महामारी के रोगियों की कुल संख्या करीब चार लाख अस्सी हजार है पिछले चौबीस घंटे के दौरान चौवालीस हजार छह सौ चौरासी नये मामले दर्ज किए गए मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षण निगरानी और उपचार की रणनीति पर कारगर तरीके से अमल से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढी है जबकि मृत्यु दर में कमी आई है नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में वरिष्ठ डॉक्टर आशुतोष विश्वास ने कहा है कि पटाखों से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है जो लोगों के श्वसन हृदय और स्नायु प्रणाली को आघात पहुंचाता है आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में श्री बिस्वास ने कहा कि पटाखे जलाने से उत्सर्जित धुएं में जहरीले पदार्थ होते हैं जिनसे गला संक्रमित होता है और उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह जैसी बीमारियां बढ़ती हैं इसलिए दीपावली पर पटाखा जलाने से बचना चाहिए

जिन लोगों को पहले से ही रेस्पिरेटरी डिसीज है जैसेसीओपीडी अस्थमा ब्रोंकाइटिस और भी जो भी अदर डिसीजिस है हाई ब्लड प्रेशर इसमेंहमें बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाहर पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है तो स्पेशलीहमें घर के अंदर ही रहना चाहिए अगर बाहर जाना है तो ये जो हम मास्क यूज करते हैंजैसे कोरोना के लिए इसमें भी फायदेमंद है राष्ट्र आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को उनकी एक सौ इकतीसवीं जयंती पर याद कर रहा है आज का दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है

उप राष्ट्रपतिएम वेंकैया नायडू ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका को सदैव याद रखा जाएगा उन्होंने बाल दिवस पर बच्चों को बधाई दी श्री नायडू ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और उनका लालन पालन प्रेम और स्नेहपूर्वक किया जाना चाहिए वहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के तैलचित्र पर माल्यापर्ण कर श्रद्वांजलि दी पटना स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में भी कार्यक्रम का आयोजन कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धापूर्वक याद किया गया संसद सदस्यों ने भी आज पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की शेखप्रा के सिरारी थाना क्षेत्र के ओठवा गांव में कूड़े के ढेर में लगी आग से पास के तीन घरों में भी आग लग गयी अगलगी की इस घटना में चार लाख रूपये मूल्य की सम्पत्ति जलकर नष्ट हो गयी बाद में ग्रामीण के प्रयास से आग पर काबू पाया गया

कहा सैनिकों के पराक्रम से दूनियाभर में भारत का मान सम्मान बढ़ा

सरकार बनाने का दावा भी कल ही पेश किया जायेगा

अब तक दो लाख बीस हजार मरीजों ने कोरोना को दी मात